राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए ऊना ज़िला के प्रवेश द्वारों से आने वाले श्रद्वालुओं को वापिस भेजा जा रहा है राज्य सरकार द्वारा मंदिरों में धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाने के बाद जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है सीमाओं पर तैनात पुलिस कर्मियों को मास्क और सैनेटाईजर उपलब्ध करवाए गए हैं राज्यसभा भाजपा नेता इंद् गोस्वामी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई हैं प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए इंदु गोस्वामी ने ही नामांकन पत्र दाखिल किया था और आज नाम वापिस लेने का अंतिम दिन था

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इंदु गोस्वामी को बधाई देते हुए कहा कि राज्यसभा में भाजपा और मजबूत होगी उन्होंने उम्मीद जताई कि वे प्रदेश हित से जुड़े मुददों को प्रमुखता से राज्यसभा में उठाएंगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य आपदा प्रंबंधन प्राधिकरण की बैठक में बताया कि केंद्र ने प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण बल की एक बटालियन मंजूर की है और प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा बल के गठन को अधिसूचित किया है

उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षो में राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत पर्याप्त धनराशि मिली है

मंडी जिले के धर्मपुर में आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर जलापूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा महेंद्र सिह ने अधिकारियों को अस्पतालों स्वास्थ्य केंद्रों और छात्रावासों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कोरोना वायरस के विश्वव्यापी प्रभावों को देखते हुए राज्य सरकार जीरो रिस्क नीति पर काम कर रही है और हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं और प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है वीरेंद्र कंवर ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाने की अपील की है कांग्रेस कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लम्बे अंतराल के बाद प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी घोषित की है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल कांग्रेस को नई टीम मिल गई है और इसमें क्षेत्रीय जातीय और सभी तरह के संतुलन को ध्यान में रखा गया है